यह बैठक कल होनी थी लेकिन इसे एक दिन के लिए स्थिगित कर दिया गया था

बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसान संगठनों से अपने अनौपचारिक समूह बनाने और अपनी मांगों के बारे में सरकार को मसौदा देने के लिए कहा गया है श्री तोमर ने कहा था कि सरकार सर्दियों में आंदोलनकारी किसानों को लेकर चिंतित है अवैध शराब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश से अवैध शराब का व्यवसाय पूरी तरह से समाप्त करने कहा है कल भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री और नुकसान के प्रकरण पर संभागायुक्त पुलिस महानिरीक्षक कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और आबकारी अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन और मुरैना जिलों में हुई अवैध मिलावटी और जहरीली शराब की बिक्री और जनहानि जैसी घटनाओं की किसी भी स्थिति में प्रदेश में कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री के नेटवर्क में शामिल व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाये सभी एसडीएम और एसडीओपी ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों की बैठक लें और उन्हें अवैध शराब के दुष्परिणामों से अवगत कराये

जिसकी जानकारी हम समय समय पर आपको अपने बुलेटिन में दे रहे हैं

यह सलाह दी जाती है कि संकमण से ठीक हुए लोग भी यह टीका लगवाएं इससे उनमें कोविड के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी सवाल दूसरा प्रश्न है कोविड के कई तरह के टीके उपलब्ध होने के बीच एक या दो टीकों को ही क्यों चुना गया जवाब इसका जवाब है इन दवाओं की सुरक्षा और प्रभाव का आकलन करने के लिए कई दौर के क्लिनिकल परीक्षणों के नतीजों की जांच के बाद देश के औषध नियामक ने इन्हें लाइसेंस दिया है हालांकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टीकाकरण के पूरे चक के दौरान कोविड के एक ही तरह के टीके का इस्तेमाल किया जाए

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के संदर्भ में मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित रोजगार उत्सव में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं एवं शीर्ष नियोक्ताओं से संवाद करेंगे

कार्यक्रम का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जायेगा

इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रचलित योजनाओं मनरेगा पीएमकेएसवाय बुन्देलखंड पैकेज एवं आईडब्ल्यूएमपी आदि के तहत किया जाएगा सिंचाई परियोजनायें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार की परियोजनायें को पूरा करने में वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी

शिविर में वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई